प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए काम करने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि दुनिया उस क्षण का इंतजार कर रही है जब भारत अर्थव्यवस्था को दोग्ना करके पचास खरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति भारत से होगी बाईट चौथी औद्योगिक क्रांति जिसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोलुशन भी कहते है उसका मुख्या आधार डिजिटल टेक्नोलॉजी है और निश्चित तौर पर भारत इसमे दुनिया के कई देशों से बहत आगे है डिजिटल तकनीक पर आधारित गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जीईएम में जगह बना ली है सरकार इस तरह से अपने जरूरत के सामान की खरीदी करती है इस व्यवस्था को जीईएम ने पूरी तरह से बदल दिया है प्रधानमंत्री आज राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के पास वाणिज्य विभाग के नए कार्यालय परिसर के शिलान्यास के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि भारत ने सात दशमलव सात प्रतिशत की विकास दर हासिल कर ली है जिससे विकास की गति में तेजी आयी है देश के आर्थिक विकास की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले चार वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड वृद्वि हुई है उन्होंने कहा कि वस्तु और सेवा कर जी एस टी तथा एन डी ए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों से भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन आया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश काम में देरी करने की संस्कृति से बाहर निकल आया है और प्रौद्योगिकी ने कारोबार करने के तरीकों को आसान बना दिया है झारखंड उच्च न्यायालय ने आज चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की औपबंधिक जमानत की अवधि तीन जुलाई तक बढ़ाते हुये सुनवाई की अगली तिथि उनतीस जून निर्धारित की है श्री प्रसाद के वकीलों ने उच्च न्यायालय में दायर याचिका में राजद अध्यक्ष की औपबंधिक जमानत की अवधि छह सप्ताह और बढ़ाने की प्रार्थना की थी हालांकि न्यायालय ने इससे पहले ग्यारह मई को सुनवाई के दौरान चिकित्सीय आधार पर श्री यादव को छह सप्ताह की औपबंधिक जमानत मंजूर की थी राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस को गया सामूहिक दुष्कर्म पीड़ितों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं आयोग ने इस मामले में पूलिस को स्पीडी ट्रायल कराने के लिए कोर्ट से अनुरोध करने को कहा आयोग की सदस्य सुषमा साहू ने आज गया में पीड़ितों से मुलाकात के दौरान कहा कि उन्हें पूरा न्याय मिलेगा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि राज्य में चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए जल्द लगभग पांच सौ विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जायेगी श्री पांडेय ने नवादा परिसदन में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अगले माह सात हजार नर्स की नियूक्तियां की जायेंगी और अन्य पारा मेडिकल कर्मियों की भी कमी दूर की जायेगी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आयूष्मान भारत योजना लॉन्च की है इस योजना के तहत बिहार के एक करोड़ आठ लाख परिवारों को चिन्हित किया गया है जिन्हें सितंबर माह से इसका लाभ मिल सकेगा इससे राज्य की लगभग साढ़े पांच करोड़ आबादी लाभांवित हो सकेगी श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य के आईटीआई केन्द्रों की जांच में शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी श्री सिन्हा ने आज पटना में संवाददाताओं से कहा कि कई आईटीआई नियम के अनुकूल काम नहीं कर रहे हैं जिनके खिलाफ जांच की जा रही है उन्होंने कहा कि जांच करने वाले कुछ अधिकारियों के खिलाफ भी फर्जीवाड़ा करने वाले आईटीआई के खिलाफ नरमी बरतने के आरोप लगे हैं श्री सिन्हा ने कहा कि पिछली बार आईटीआई की परीक्षा में आदेश का उल्लंघन करने वाले आईटीआई संचालकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जेपी सेनानी सम्मान योजना के तहत पेंशनधारकों की समस्याओं को दूर करने के लिए ऑनलाईन सुझाव और शिकायत लिये जायेंगे श्री मोदी आज पटना में जेपी सम्मान योजना से संबंधित समितियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि जेपी सेनानियों के निधन पर उनकी पत्नी को पेंशन लाभ लेने के लिए उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा श्री मोदी ने कहा कि फिलहाल दो हजार छह सौ से अधिक जेपी सेनानियों को पेंशन दिया जा रहा है उनके लिए अन्य कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी विचार चल रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार चौबीस जून को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे मन की बात की यह पैंतालीसवीं कड़ी होगी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा यह प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा डीडी न्यूज के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट इन पर भी इसे प्रसारित किया जाएगा मन की बात कार्यक्रम के मैथिली अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद किया जायेगा इसी प्रसारण को मैथिली भाषा में आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से रात्रि आठ बजे से दोबारा सुना जा सकता है प्रदेश में चौबीस जून से मॉनसून के आगमन की सम्भावना है मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर से लेकर पश्चिम बंगाल तक मॉनसून के लिए अनुकूल वातावरण बन रहा हैं विभाग के पूर्वान्मान के अनुसार पूर्वी बिहार और गंगा के तटीय क्षेत्रों में तेईस से पच्चीस जून तक गरज के साथ बारिश होने की सम्भावना है इधर पूरा प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं अधिकतर जगहों का तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है जो सामान्य से तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक अधिक है आज रोहतास जिले का डेहरी प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान बयालीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं पटना और भागलपुर का अधिकतम तापमान इकतालीस डिग्री सेल्सियस जबकि गया का लगभग बयालीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम विभाग ने कम दबाव के क्षेत्र बने रहने के कारण औरंगाबाद में अगले तीन घंटों के दौरान तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है प्रदेश में किसानों से तीस जून तक गेहूँ की सरकारी खरीद की जायेगी सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने बताया कि अब तक दस हजार एक सौ चौबीस टन गेहूँ की खरीद हुई है उन्होंने बताया कि तैंतीस जिलों में गेहूँ खरीद की प्रक्रिया चल रही है मूख्य सचिव दीपक कुमार ने विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव से लेकर थाना स्तर के पदाधिकारियों को हर सप्ताह शुक्रवार को आम लोगों से मिलने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिया है वहीं जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षकों को अपने क्षेत्रों में स्कूलों के शिक्षकों प्राचार्यों खिलाड़ियों संस्कृति जगत से जुड़े लोगों और जनप्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठक करने को कहा गया है अररिया निवासी अन्तर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी कुमार गौरव और सौरव स्पेन के पांच अलग अलग शहरों में आयोजित होने वाले ग्रांडमास्टर अन्तर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में भाग लेंगे यह शतरंज प्रतियोगिता पच्चीस जून से नौ अगस्त के बीच आयोजित की जायेंगी शिवहर जिले के नगर थाना क्षेत्र के विसाही गांव में पुलिस ने एक व्यक्ति के घर से छापेमारी कर सात सौ चालीस बोतल विदेशी शराब बरामद की है जमूई जिले के गिद्वौर थाना क्षेत्र के गंगरा पंचायत के पूर्व मूखिया और तत्कालीन पंचायत सचिव को शिक्षक नियोजन में अनियमितता बरतने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है सीतामढ़ी जिले के विशनपूर कामदेव गांव के पास अपराधियों ने एक निजी बैंक के कर्मी से तीन लाख रूपये लूट लिये नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र के छपरा मोड़ के पास अनियंत्रित होकर एक बस के पलटने से उसमें सवार पन्द्रह यात्री घायल हो गये सभी घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है राजधानी पटना के दानापूर थाना क्षेत्र के तकियापर मोहल्ला में वाहन जांच के दौरान पूलिस ने एक स्वर्ण व्यवसायी से पैंतीस लाख रुपया नकद बरामद किया है सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में आयकर विभाग को सूचना दे दी है भागलपुर जिले के व्यवसायी अमरजीत उर्फ बिट्ट राय हत्याकांड के मूख्य आरोपी कुख्यात मोहम्मद ऐयाज उर्फ नाढ़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है औरंगाबाद जिले में नक्सलियों के खिलाफ प्रलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पिछले एक सप्ताह के दौरान दस नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है भागलपुर जिले के अकबरनगर थाना क्षेत्र में आलमगीर गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अस्सी पर पिकअप वैन की चपेट में आने से एक सेवानिवृत्त रेल डाककर्मी की मौत हो गई कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दो पर ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दो लोगों की मौत हो गई